राजधानी भोपाल में सात विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना पुरानी जेल परिसर में होगी इसके लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ईवीएम विवाद के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है विदिशा की पांच विधानसभा सीटों के मतों की गिनती के लिए प्रशिक्षण का पहला चरण संपन्न हो गया इसमें कर्मचारियों को मतगणना के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया हमारे संवाददाता ने बताया कि मतों की गिनती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण में कर्मचारियों से कहा गया है कि मतगणना का काम पूरी पारदर्शी और गंभीरता से किया जाये इस बात का पूरा ध्यान रखा जाये कि गणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि नही हो वहीं आगरमालवा शिवपुरी मंडला भिंड खंडवा जिलों में भी मतगणना में शामिल होने वाले दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है रायसेन जिले में भी शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की जायेगी उधर गुना में भी मतगणना शांतिपूर्वक हो इसके लिये मतगणना संपन्न कराने वाले एजेंटों को प्रशिक्षण दिया जायेगा नीमच में जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित की वहीं बैतूल जिले में भी पांचों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना जेएच महाविद्यालय में की जायेगी कांग्रेस प्रशिक्षण प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के पहले कांग्रेस की प्रदेश इकाई आज भोपाल में अपने सभी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दे रही है प्रशिक्षण के दौरान बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी प्रत्याशियों को मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताते हुए कहा कि मतगणना में नियमों की जानकारी सभी प्रत्याशियों को होना जरूरी है सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रत्याशियों को हर मतगणना के बाद प्रमाण पत्र लेने और अन्य सभी पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने बैठक में सभी प्रत्याशियों को मतगणना के कानूनी प्रावधान बताए

इसके बाद कलेक्टर आलोक सिंह ने मशीनों को कोषालय में जमा कराया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने कुछ मशीनों की जांच की इनमें कोई डाटा नहीं पाया गया गृहमंत्री केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है आज नई दिल्ली में सिविल डिफेंस और होम गार्ड के स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि ये संगठन कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं गृहमंत्री ने कहा कि किसी भी घटना से निपटने के लिए सबसे पहले नागरिक सुरक्षाकर्मी ही पहुंचते हैं इसलिए इस संगठन को अधिक मजबूत बनाना जरूरी है रिजर्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आवास वाहन तथा मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्यमों के ऋण पर ब्याज की दर को रेपो दर से सीधे जोड़ने का प्रस्ताव रखा है रिज़र्व बैंक ने कल मुंबई में जारी बयान में कहा है कि इस बारे में अंतिम दिशा निर्देश इस महीने के अंत तक जारी किए जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक कंपनियों के डिजिटल लेनदेन की निगरानी के लिए लोकपाल योजना लागू करेगा

इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट संदेश में कहा कि देश डॉ अंबेडकर के सामाजिक राजनैतिक आर्थिक सांस्कृतिक शिक्षा और कानून जैसे क्षेत्रों में उनके अतुलनीय योगदान को कभी भुला नहीं सकेगा कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी डॉ अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है समाचार संक्षेप में प्रदेश के सभी संभागों में रात के तापमान गिरावट आई है

कार्यशाला इंदौर कमिश्नर और उज्जैन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं

नमस्कार